विभिन्न राजनैतिक दलों के बडे नेता राज्य में चुनाव प्रचार कर रहे है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजबब्बर ने कल राजनांदगाव में पार्टी के पक्ष में चुनावी सभा ली वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने आज राज्य में चुनावी सभाओं को संबोधित किया इसके अलावा बहजन समाजवादी पार्टी की प्रमुख मायावती ने जनसभाएं लेकर अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए समर्थन मांगा

शिवराज नामांकन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल बुधनी में अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे भाजपा की ओर से आज जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि वे कल सुबह भोपाल से रवाना होकर अपने गॉव जैत पहुचकर मॉ नर्मदा का पूजा अर्चना करने के बाद सलकनपुर पहुंचकर देवी मॉ के दर्शन करेंगे इसके बाद बुधनी में दोपहर दो बजे अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद राकेश सिंह मौजूद रहेंगे इसी प्रकार पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा कल अलीराजपुर और जोबट पहुंचकर पार्टी प्रत्याशियों के नामांकन पत्र दाखिल कराएंगे वहीं केन्द्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान कल दतिया पहुंचकर डॉ नरोत्तम मिश्रा का नामांकन पत्र दाखिल करायेंगे मतदाता जागरूकता स्वीप अभियान के तहत रायसेन जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदाता जागरूकता अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है इसी क्रम में उदयपुरा में महिला बाल विकास विभाग के तत्वाधान में महिलाओं तथा बालिकाओं ने कलश यात्रा निकालकर मतदाताओं को विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का उपयोग करने का संदेश दिया

जिला निर्वाचन अधिकारी अनुभा श्रीवास्तव ने शहडोल नगर में रैली का स्वागत किया संभागायुक्त जेके जैन ने कहा है कि युवाओं के झुकाव को देखते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से ज्यादातर युवाओं को मतदान का महत्व समझाया जा सकता है वहीं आगरमालवा जिले के नलखेडा स्थित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने सारे काम छोड़ दो सबसे पहले वोट दो का सन्देश देते हुए नुक्कड़ नाटक गीत और कविता के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया

खंडवा जिले में मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदान के लिए विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही है इसी कम में सुबह जागरूकता मतदाता फुटबाल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया वहीं शाम को सिविल लाइन स्थित टैगोर पार्क में संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है वहीं स्वीप प्लान के तहत होशंगाबाद में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है इसके तहत माखनलाल चतुर्वेदी महाविद्यालय बाबई में नैतिक मतदान विषय पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया प्रतियोगिता में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने नैतिक मतदान के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किये प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के मार्गदर्शन में अशोकनगर में स्वीप गतिविधियों के तहत मतदाता जागरूकता के लिए विभिन्न गतिविधियां एवं कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं

आज भोपाल में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में पार्टी के प्रदेश सचिव अरविन्द श्रीवास्तव ने बताया कि भोपाल मध्य से फ़िदा हुसैन को प्रत्याशी बनाया गया है

रीवा जिले के सिरमौर से गया प्रसाद मिश्र गुना जिले के बमोरी से सुमन शर्मा शहडोल जिले के जयसिंह नगर से हरिसिंह छतरपुर के बडामलहरा से नाथूराम विश्वकर्मा अनूपपुर जिले के कोतमा से संतोष केवट पार्टी के प्रत्याशी होंगे वहीं कटनी जिले के बडवारा से अनजान कौल सतना जिले के अमरपाटन से राजधनी सिंह सिवनी से डीडीवासनिक बालाघाट जिले के बैहर से अशोक कुमार मसीह खरगौन जिले के भगवानपुरा से किरण बडोले चुनावी मैदान में होंगे सिंगरौली विधानसभा क्षेत्र से अशोक कुमार दुबे और जिले की देवसर सीट से शिवकली साकेत और सीधी जिले के चुरहट से आनंद पाण्डे पार्टी के उम्मीदवार हों गे

आगरमालवा जिले में भी दीपावली उत्सव को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है

यह दीपों का पर्व कार्तिक माह की त्रयोदशी से शुरु होकर भाईदूज के दिन तक उत्सवी माहौल में मनाया जाएगा सभी घर परिवारों के लोग अपने घरों की साफ सफाई रंगाई कर उसे दीप मालिकाओं से सजा रहे है धन तेरस पर कुबेर पूजन अर्चन के बाद से घर के द्वार पर दीप जलाना शुरु होकर चतुदर्शी और दीपावली की रात को पूजन की जाएगी इस मौके पर आतिशबाजी करते हुए खुशियां मनाई जाएगी आयुर्वेदिक सेमिनार केन्द्रीय आयुष मंत्री श्रीपद यसो नाइक ने देश में आयुर्वेद को बढावा देने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग पर बल दिया है आज नईदिल्ली में दो दिवसीय उद्यमशीलता और कारोबार विकास पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि आयुर्वेद के बाजार में विस्तार के लिए कई नई पहल की गयी है

इस संगोष्ठी का आयोजन युवा उद्यभियों को आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करने और अंतराष्ट्रीय स्तर पर मौजूद अवसरों के बारे में जानकारी देने के लिए किया गया है नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिताभ कांत ने कहा कि आयुर्वेदिक औषधियां विश्व में भारत का सबसे बडा उपहार है उन्होंने कहा कि आयुर्वेद में कारोबार और रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध है

मध्यप्रदेश राज्य एथलेटिक्स अकादमी द्वारा आज यहां जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि दो से पांच नवंबर तक खेली जा रही है इस प्रतियोगिता में अकादमी के खिलाडियों ने अलग अलग स्पर्धाओं में चार स्वर्ण दो रजत और दो कांस्य पदक सहित कुल आठ पदक जीते हैं

वहीं राजू सिंह भदोरिया ने भी प्रतियोगिता की व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य पदक अर्जित किया

उन्होंने भोपाल के जय प्रकाश अस्पताल में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को आदेशित किया है कि वह चिकित्सकों की टीम के साथ जिला पंचायत कार्यालय में उपस्थित रहे

इन सभी कर्मियों का मेडिकल बोर्ड द्वारा चिकित्सा परीक्षण किया जाकर रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है